वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के कारण दो लोगों की मौत हो गई है इस तरह अब छत्तीसगढ़ में कोरोना सं क्र मण से मरने वालों की संख्या सत्रह हो गई है बीते चौबीस घंटों के दौरान रायगढ़ और राजनांदगांव के एक एक व्यक्ति की कोरोना सं क्र मण से मौत होने का समाचार मिला है रायगढ़ का कोरोना पॉजीटिव मरीज जिले के कोविड अस्पताल में भर्ती था वहीं राजनांदगांव में जिस मरीज की मृत्यु हुई है उसका इलाज भी नगर के ही कोविड अस्पताल में चल रहा था आज राजधानी रायपुर में पैंतीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के परिवार के तीन सदस्य कोरोना सं क्र मित पाए गए हैं इसकी जानकारी महापौर ने सोशल मीडिया के जरिये साझा की है इन सभी को रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जाता है कि हाल ही में ये लोग बेंगलूरू से लौटे थे और होम क्वारेंटाइन थे इधर दंतेवाडा जिले में आज सोलह नये कोरोना सं क्र मितों की पहचान हुई है इनमें पंद्रह सुरक्षा बलों के जवान हैं वहीं एक मजदूर है हमारे संवाददाता ने बताया कि सीआरपीएफ के चौदह और सीआईएसएफ के एक जवान में कोरोना सं क्र मण की पुष्टि हई है उधर रायगढ़ जिले में भी आज छह नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं

इस बीच अवकाश से लौटे भिलाई हेडक्वार्टर के करीब पांच सौ बीएसएफ जवानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा ये जवान चौदह दिन की क्वारेंटाइन अवधि पूरी कर चुके हैं वहीं बालोद जिले में तीन कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान हुई है इनमें बधमरा ब्लॉक में पिता पुत्र कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उधर कबीरघाम और महासमुंद जिले में भी आज कोरोना से सं क्र मित एक एक मरीज मिला है इसके अलावा नारायणपुर जिले में आज रैपिड किट टेस्ट में बाईस कोरोना संदिग्धों की पहचान हुई है इस बीच राजनांदगांव में आज से पुराना जिला अस्पताल में कोरोना टेस्ट लैब शुरू हो गया है इस लैब के जरिये एक दिन में करीब अस्सी लोगों की जांच की सकेगी

कोरोना सं क्र मण के मद्देनजर इस ई लोक अदालत में पक्षकार और अधिवक्ता न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की बजाय वीडियो कॉन् फ्रे सिंग के जरिये पीठासीन अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखेंगे रायपुर जिला न्यायालय में चौबीस खंडपीठ बनाई गई है जिसमें लगभग नौ सौ प्रकरणों की सुनवाई होगी वहीं बिलासपुर जिला न्यायालय में नौ खंडपीठ के जरिये पांच सौ से अधिक मामले सुने जाएंगे गौरतलब है कि ई लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल वाद मोटर दुर्घटना दावा पारिवारिक और आपराधिक मामले के अलावा राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा मुख्यमंत्री ई कॉन्वलेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रीयल पार्क होगा रायपुर में आयोजित ई कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रे सिंग के जरिये कार्यक्र म को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में गौठानों के लिए आरक्षित की गई जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए छोड़ी जाएगी जहां महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा लघु बनोपज से संबंधित कार्य किए जाएंगे श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोडने की है मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में कोरोना सं क्र मण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में अपने विचार रखे वन नेशन वन राशनकार्ड प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवार के सदस्यों का आधार लिंकिंग के लिए अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं मंत्रालय में आयोजित खाद्य अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी अगस्त माह से वन नेशन वन राशनकार्ड योजना लागू किया जाना है इसके लिए सभी लोगों का आधार लिंकिंग जरूरी है श्री भगत ने दस से इकतीस जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर आधार लिंकिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए बैठक में श्री भगत ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता जरूरी है उन्होंने राज्य के प्रत्येक राशन कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन लेने की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों के माध्यम से देने के भी निर्देश दिए इस नई सुविधा से अब राशन कार्डधारियों को प्रत्येक माह राशन खरीदने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाएगी अधिकारी निरीक्षण महिलाओं और बच्चों तक राज्य सरकार की योजनाओं की सुगम पहुंच और उनकी स्थिति जानने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के सचिव और संचालक ने कल और आज प्रदेश के सोलह जिलों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन पूरक पोषण आहार वितरण रेडी ट्र ईंट की गुणवत्ता सहित विभिन्न योजनाओं की जांच की गई इस मौके पर अधिकारियों ने हितग्राहियों से बातचीत कर योजनाओं के बारे में जानकारी ली साथ ही इस दौरान मिली शिकायतों का निराकरण करने और व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए गौरतलब है कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान टेक होम राशन और रेडी टू ईंट का घर घर वितरण कर पोषण स्रक्षा और सजग के साथ चकमक अभियान श्रू किया गया है सीएम गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा अपने निवास कार्यालय में सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से सरकार निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी करेगी इससे राज्य में गाय के संरक्षण और संवर्धन के अलावा खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही पशुओं के खुले में चराई पर रोक भी लगेगी इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर कराए गए सर्वे में राज्य के कई जिले छूट गए हैं जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने जिला प्रशासन से छूटे हुए जिलों में फिर से सर्वे कराए जाने की मांग की श्री कौशिक ने ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के लिए आवंटित राशि का भुगतान भी जल्द करने की मांग की

काउंसिल ने कहा कि दसवीं कक्षा के उ स ीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निन्यानवे दशमलव तीन चार प्रतिशत है वहीं बारहवीं कक्षा के कुल छियानवे दशमलव आठ चार प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं गौरतलब है कि फरवरी और मार्च में होने वाली ये परीक्षाएं कोरोना सं क्र मण के कारण लंबित करनी पड़ी थीं परंतु देश में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं आंतरिक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए गए थे काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो वह फिर से परीक्षा दे सकता है जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी कृषि विवि परिणाम रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है इस कड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के चौथे वर्ष की कक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं वहीं स्नातक स्तर के पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के परीक्षा परिणाम के अलावा स्नातकोत्तर तथा पीएचडी कक्षाओं के परिणाम आगामी सोमवार को घोषित किए जाएंगे पीएम क्सुम केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों के प्रति आम जनता को आगाह किया है इस योजना के तहत सौर ऊ र्जा आधारित पम्प लगाए जाते हैं और सिंचाई के काम आने वाले पम्प को मौजूदा ग्रिड से जोड़ा जाता है मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि दो वेबसाइट प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकरण कराने के अवैध दावे कर रहे हैं ये वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कुसुम योजना डॉट सीओ डॉट इन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑनलाइन कुसुम योजना डॉट सीओ डॉट इन हैं मंत्रालय ने कहा है कि इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इधर छत्तीसगढ़ के योजना आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों को सौर ऊ ज ा के उपयोग को बढ़ावा देने कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि कार्ययोजना बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें विषय विशेषज्ञों और हितभागियों के साथ विचार विमर्श किया जाए

आरोपियों की निशानदेही पर अड़सठ लाख पचास हजार रूपये की राशि भी बरामद कर ली गई है पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव ने आज शाम पत्रकारवार्ता में बताया कि सभी आरोपियों को जंगलपुर गांव के पास से गिर फ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया है गौरतलब है कि पांडातराई थाना के अंतर्गत कुंडा और जंगलपुर के बीच कल राईस मिलर्स के कर्मचारियों की आंखों में कथित रूप से मिर्च पावडर डालकर इनके पास रखे करीब इकहत्तर लाख छप्पन हजार रूपये लूट लिए गए थे पुलिस के अनुसार लूट की इस घटना में राईस मिल का एक कर्मचारी भी शामिल है बीसी सखी डिजिटल भुगतान कोरिया प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां मनरेगा श्रमिकों को अपनी मजदूरी भुगतान के लिए बैंकों तक नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए राष्ट्र ीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नियुक्त बीसी सखियों द्वारा ग्राम पंचायत में जाकर ग्रामीणों को उनके आधार लिंक खातों से मजदूरी का भुगतान किया जाने लगा है इसके साथ ही पेंशन तेंद्रपत्ता की राशि और अन्य शासकीय योजनाओं की राशि पाने के लिए ग्रामीणों को अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा पहले चरण में बीते दस जून से जिले के सुदूर ग्राम पंचायतों में यह अभियान शुरू किया जा चुका है और धीरे धीरे इसे सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है मलेरिया प्रचार रथ बस्तर जिले के सभी विकासखंडों में मलेरिया की रोकथाम और बचाव के लिए संदेश देने प्रचार रथ रवाना किया गया है इस रथ के जरिये मलेरिया डेंगू उल्टी दस्त कोरोना सं क्र मण मातू शिशु स्वास्थ्य के साथ परिवार कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी स्थानीय बोली हल्बी गोंडी और हिन्दी में दी जाएगी साथ ही संदेश पत्र को भितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटवार रोजगार सहायक पंचायत सचिव और सरपंचगणों का सहयोग लेकर प्रचारित करने का कार्य भी करेंगे यह प्रचार रथ जिले के हाट बाजारों और रास्ते में पड़ने वाले गांवों से होकर गुजरेगा मनरेगा एडस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के मजदूरों को अब एड्स बीमारी के बारे में जागरूक किया जाएगा मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है इस पत्र में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर कोरोना सं क्र मण के साथ एड्स से बचाव के बारे में भी मजदूरों को जागरूक किया जाएगा इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसभा की बैठक और रोजगार दिवस के आयोजन के दौरान जानकारी देने का निर्णय लिया गया है कोरोना राखी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्वाओं की कलाई पर इस बार राखी पर्व के अवसर पर धमतरी जिले में तैयार की जा रही राखियां सजेंगी मिली जानकारी के अनुसार जिले के छाती गांव के मल्टी यूटिलिटी सेंटर में बांस और गोबर से बनाई जा रही मनमोहक राखियां स्वास्थ्य पुलिस पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अलावा आदिवासी विकास विभाग तथा स्वच्छ भारत मिशन के दस हजार से अधिक भाइयों की कलाई इस राखी से सजेंगी बताया जाता है कि अलग अलग विभाग के लिए बनाई जा रही राखियां उनके कर्तव्य के अनुसार डिजाइन की जा रही हैं स्पंदन अभियान कोंडागांव जिले में स्पंदन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली पुलिस अधीक्षक आज जिले के माकड़ी और विश्रामपुरी थाना के अलावा बांसकोट चौकी भी पहुंचे और यहां पदस्थ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से व्यक्तिगत चर्चा की इस मौके पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और तनावमुक्त रहने की सलाह दी मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के उत्तरी भाग में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है

इनके पास से नौ किलो गांजा सहित अड़तालीस हजार रूपये नगद और दो मोटरसाइकिल जब्त की गई है वहीं बिलासपुर जिले की रतनपुर पुलिस ने भी तीन किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिर फ्तार किया है